कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए कल से पूरे राज्य में तीन दिनों तक चलेगा विशेष अभियान

और राज्य के सभी शहरों में फ्टपाथ द्कानदारों के लिए वेंडिंग जोन बनाया जाएगा

हालांकि इस दौरान पांच सौ इकतीस नए मामले सामने आए और ग्यारह मरीजों की मौत हो गई कोरोना को मात देने वालों में सबसे ज्यादा रांची के दो सौ तैंतीस गढ़वा के पंच्यान्बे पाक्ड़ के छियासठ ग़मला के साठ गिरिडीह के संतावन चतरा के अड़तीस सिमडेगा के उनतीस हजारीबाग के अठाइस और रामगढ़ क सताइस लोगों के अलावा बाकी अन्य जिलों के हैं वहीं इस दौरान सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम से सड़सठ रांची से बासठ पलामू से साठ गढ़वा से उनचालीस और शेष संक्रमित कुछ और जिलों से मिले हैं इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में पांच साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम से दो दो व गढ़वा और देवघर में एक एक कोरोना संक्रमित के मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है इस तरह राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अठारह हजार सा तौ छियासी हो गई है इसमें आठ हजार आठ सौ उनचास सक्रिय मामले हैं जबकि स्वस्थ होनेवालों की क्ल संख्या नौ हजार सौ सौ अड़तालीस और मृतकों की संख्या एक सौ नवासी है वहीं संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर इक्यावन दशमलव आठ आठ प्रतिशत और मौत की दर बढ़कर एक प्रतिशत हो गई है साहिबगंज कोरोना साहिबगंज जिले में अब तक कुल तीन सौ अंठानबे कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इनमें एक सौ बहतर संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं जबकि दो सौ इक्कीस सक्रिय मामले हैं इसके अलावा कोरोना से अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है सिविल सर्जन ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में पन्द्रह नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इनमें प्रखण्ड कार्यालय और जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत कर्मी भी संक्रमित पाये गये है

लगातार चौथे दिन साठ हजार से अधिक लोग संक्रमित हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस संक्रमण से कल देश में एक हजार सात लोगों की मृत्यु हुई

स्पेशल ड्राइव राज्य में जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए कल से चौदह अगस्त तक स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा इस दौरान चौंतीस हजार छह सौ नवासी सैम्पलों को लेने का लक्ष्य रखा गया है स्वास्थ्य सचिव डा नितिन मदन क्लकर्णी ने बताया कि तीन दिनों तक चलने वाले स्पेशल ड्राइव के तहत सभी जिलों को सैम्पल संग्रहण का लक्ष्य दिया गया है उन्होंने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड अस्पतालों में बेडो की संख्या भी बढ़ाई जा रही है गौरतलब है कि इसके पूर्व भी चलाए गए स्पेशल ड्राइव के तहत सैंतालीस हजार से ज्यादा सैम्पल संग्रहित किए गए थे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

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल इस अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाए पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है गोड्डा गिरिडीह रांची खूंटी गुमला हजारीबाग गढ़वा चतरा पूर्वी सिंहभूमपश्चिमी सिंहभूम देवघर दुमका और सिमडेगा जिले में इस अभियान के तहत घर घर जाकर बच्चों को फाइलेरिया रोधी दवाए दी जाएगी स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए इस अभियान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाएगा

एन एच एम के अभियान निदेशक रवि शंकर शुक्ला ने बताया कि मातुत्व अवकाश दो प्रसव के लिए ही मिलेगा साथ ही इसका लाभ उन्हें मिलेगा जिन्होनें अपने अंतिम बारह महीने में कम से कम अस्सी दिन तक कार्य किया हो सरकार के इस निर्णय से सात हजार से ज्यादा महिला कर्मियों को फायदा होगा

जो अधिवक्ता अपना पूरा ब्योरा नहीं देगें उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा और इसके बाद उनकी प्रैक्टिस करने पर भी रोक लगा दी जाएगी इसके अलावा समय सीमा खत्म होने के बाद भी जो अपना ब्योरा नहीं देंगे उनकी लाईसेन्स को भी रदद किया जा सकता है बार कौंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के बाद झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं को ब्योरा देने से संबधित प्रपत्र उपलब्ध करा दिया है वेंडिग जोन राज्य के सभी शहरों में फृटपाथ द्वकानदारों के लिए वेंडिंग जोन बनाया जाएगा नगर विकास विभाग के सचिव विनय कमार चौबे ने सभी नगर निकायों को वेंडिंग जोन के लिए जगह चिन्हित करने का निर्देष दिया है शहरों की आबादी को देखते हुए वेंडिंग जोन का निर्माण किया जाएगा वेंडिंग जोन में ठेला और खोमचा पर कारोबार करने वालों के लिए भी जगह आवंटित की जाएगी वहीं नगर निकायों की जरूरतों को देखते हए एक से अधिक वेंडिंग जोन भी बनाए जा सकते हैं स्पेशल स्टोरी गोड़डा गोड्डा जिले में लगभग पचास हजार प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है

श्री प्रसाद ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि सरकार दूर दराज के इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उपाय कर रही है जिससे यहां के निवासियों और इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के जीवनस्तर में सुधार होगा ऑनलाइन आवेदन झारखंड की दसवीं बोर्ड के लिए और बारहवीं कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि घोषित कर दी गई है

कोरोना संकट को देखते हुए मुख्य समारोह में सीमित संख्या में लोगों को शामिल होने की इजाजत मिलेगी

वे इन दिनों होम क्वारेंटीन में रह रहे थे रांची सदर अस्पताल में साठ बेड का डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल बनाया जाएगा डी डी सी ने यहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया अस्पताल में फिलहाल तेरह वेंटिलेटर हैं कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में झंडा चौक के पास डॉक्टर बीरेंद्र कुमार के साथ मारपीट करने के आरोप में थाना प्रभारी रामनारायण ठाकुर को लाइन हाजिर कर दिया गया है ग्मला जिले के इमरी थाना क्षेत्र स्थित दीना गांव के समीप ग्रामीणों ने बाईस पशुओं को बरामद किया है इस दौरान सभी पश् तस्कर भागने में सफल रहे अब अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने आज शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतों द्वारा पच्चीस साल बाद ग्यारहवीं में नामांकन लेने की खबर को प्रमुखता से लिया है दैनिक भास्कर ने रांची में पांच सौ करोड़ रूप्ये का घोटाला किया अब द्बई का कारोबारी शीर्षक से जमीन घोटाले में मास्टर माइन्ड ऑफ संजीवनी बिल्डकॉम के निदेशक जे डी नंदी के दुबई में होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है रूस में कोरोना के इलाज के लिए कल रजिस्टर होने वाली वैक्सीन की खबर को अपने पहले पन्ने की प्रमुख खबर प्रभात खबर ने बनाई है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा राजधानी रांची के रातू रोड को एलिवेटेड रोड के रूप में बनाने को मंजूरी दिए जाने की खबर को भी पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने झारखंड में कोरोना संक्रमण के घटने और स्वस्थ होने की दर बढ़ने की खबर को पहले पन्ने की प्रमुख खबर बनाया है एन एच एम की महिला अनुबंधकर्मियों को एक सौ बिरासी दिनों को मातृतव अवकाश देने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण और अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने सचिन पायलट के राहुल गांधी के साथ बातचीत और उनके बगावत छोड़ कांग्रेस में लौटने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राज्य में कोरोना से पिछले चौबीस घटे के दौरान बारह लोगों की मौत और पूरे देश में संक्रमितों की संख्या बाईस लाख से ज्यादा होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है और अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने मेक इन इंडिया शीर्षक के साथ एक सौ एक सैन्य उपकरणों के आयात पर रोक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है